भारत चीन सीमा पर स्थिति के समाधान के लिए दोनों देशों के बीच राजनयिक और सैन्य माध्यमों से तीन माह से प्रयास चल रहे हैं दोनों देशों के विदेश मंत्री और दो विशेष प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हुए थे कि स्थिति जिम्मेदारी से संभाली जानी चाहिए और किसी भी तरफ से उकसावे वाली कार्रवाई या तनाव बढ़ाने की गतिविधि नहीं होनी चाहिए ताकि वहां आपसी समझौतों के अन्रूप शांति बनी रहे

जिससे कोविड संक्रमण से सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर एक हजार दो सौ छब्बीस हो गई है कुरुंग कुमे जिले से कोविड संक्रमण का पहला मामला कल दर्ज किया गया राज्य सरकार के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार कल आए मामलों में सबसे ज्यादा पैतीस मामले ईटानगर राजधानी क्षेत्र से दर्ज किए गए है जबकि पंद्रह अन्य जिलों से संक्रमण के मामले आएं है जिसमें पाप्मपारे जिले से चौदह चांगलांग से दस और ईस्ट कामेंग से सात मामले आए है राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर सत्तर प्रतिशत से ज्यादा है और प्रदेश में अबतक दो हजार नौ सौ से ज्यादा कोविड मरीज ठीक ह्ए हो च्के है

प्रदेश में कोविड जांच के लिए अबतक एक लाख सत्तर हजार से ज्यादा नमूने लिये जा च्के है

मुख्यमंत्री ने मेबो धोला रोड को हुए न्कसान का भी आकलन किया इस पूरे इलाके में सियांग नदी की बाढ़ के कारण करीब सात सौ हेक्टैयर कृषि भूमि को न्कसान पहंचा है केंद्र सरकार के गृहमंत्रालय की सात सदस्यीय टीम भी राज्य में बाढ़ से हए न्कसान का जायजा लेने के लिए ईस्ट सियांग पहुंची दल का नेतृत्व कर रहे संय्क्त सचिव के बी सिंह और टीम के अन्य सदस्यों ने म्ख्यमंत्री के साथ नामसिंग सर्किल के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की म्ख्यमंत्री और टीम के सदस्यों ने नदी के किनारे गांव के लोगों दवारा भूमि के कटाव को रोकने के लिए परंपरागत तरीके से बांस के जरिए बनाएं गए बांध को देखा और गांव वासियों को आश्वस्त किया कि बाढ़ से बचाव के लिए इस वर्ष जल्द ही बड़े पैमाने पर कार्य कराया जाएगा बाद में जिला उपाय्क्त कार्यालय में एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने केंद्रीय टीम से ग्राउंड लेबल पर हुए न्कसान का विस्तृत जायजा लेने का अनुरोध किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा बाद से हुए नुकसान की भरपाई के लिए जो भी धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है उसका बह्त समझदारी के साथ इस्तेमाल होना चाहिए उन्होंने कहा कि ऐसे सभी कामों का किसी थर्ड पार्टी द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए निरीक्षण के दौरान सांसद तापिर गाव स्थानीय विधायक निनोंग इरिंग कालिंग मोयोंग और लोंबो तायेंग भी म्ख्यमंत्री के साथ थे